प्रदेश में भी चुनाव आचार संहिता लागू

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कल शाम नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की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

लोकसभा चुनाव के साथ ही आन्ध्रप्रदेश अरूणाचलप्रदेश ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी कराये जायेंगे

इनमें साढ़े आठ करोड़ मतदाता नये जोड़े गये हैं

छटवे चरण में आठ लोकसभा क्षेत्र मुरैना भिण्ड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ में मतदान होगा

सातवें और अन्तिम चरण में आठ लोकसभा क्षेत्र देवास उज्जैन इंदौर धार मन्दसौर रतलाम खरगौन और खण्डवा में मतदान होगा

यह सीट कांग्रेस विधायक दीपक सक्सेना के इस्तीफे के बाद खाली हुई है बताया जा रहा है कि छिन्दवाड़ा सीट से मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी होंगे एमसीएमसीकक्ष लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही भोपाल स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में एमसीएमसीकक्ष क्रियाशील हो गया है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने कल शाम राज्य स्तरीय एमसीएमसी कक्ष का निरीक्षण किया इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक योगेश चौधरी और जनसम्पर्क आयुक्त पी नरहरि भी उपस्थित थे श्री राव ने कक्ष के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले चुनाव संबंधी समाचारों की रिकॉर्डिंग की जाये और उसकी रिपोर्ट शीघ्र भेजी जायें एमसी एमसी कक्ष में जनसंपर्क संचालनालय के संयुक्त संचालक को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है

एमसीएमसी कक्ष में समाचार पत्र पत्रिकाओं की भी मानीटरिंग कर पेड न्यूज संबंधी समाचारों का संकलन भी किया जायेगा इसी प्रकार पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर भी एमसीएमसी कक्ष स्थापित किये गये हैं

प्रदेश में कल जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी प्रेसवार्ता के जरिए आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने कलेक्टर कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक में निर्वाचक कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी उधर ग्वालियर में जिला कलेक्टर अनुराग चौधरी ने लोकसभा चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की सीधी में भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा करते हए कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यो में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी पूरे प्रदेश के साथ ही देवास में भी कल से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है वहीं उज्जैन में जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक मिश्र और पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने पत्रकार वार्ता में निर्वाचन तैयारियों को लेकर जानकारी दी छिन्दवाड़ा में जिला कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा फेस्टीवल ऑफ डेमोकेसी की थीम पर स्वीप गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिये हैं

जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शासकीय संपत्तियों से बैनर पोस्ट हटाने की कार्यवाही भी कल शाम से शुरू हो गयी मुरैना में भी आचार संहिता लागू होने के बाद संपत्ति विरूपण की कार्यवाही की गई

रीवा में जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता में कल शाम लोक निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी यहां आज मतदान अधिकारियों का पहले चरण का प्रशिक्षण रखा गया है भिंड श्योपुर अनूपपुर राजगढ़ झाबुआ रायसेन शाजापुर नीमच सहित विभिन्न जिलों से लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की जानकारी दी गई है

अभिनेता कादर खान अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींढसा और जानेमाने पत्रकार स्वंर्गीय कुलदीप नैय्यर पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची में प्रमुख रूप से शामिल हैं कादर खान को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा जबकि कुलदीप नय्यर को मरणोपरांत पद्मभूषण से सम्मानित किया जाएगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गणमान्य लोगों के इस समारोह में हिस्सा लेने की उम्मीद है पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी शेष पुरस्कार बाद में इसी महीने एक अन्य समारोह में दिए जाएंगे मधुमेह शिविर सद्गुरू ग्रामीण विकास अनुसंधान परिषद और फील्ड आऊटरीच ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में कल इन्दौर के मयूर नगर में मधुमेह की जांच के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया

शिविर का शुभारंभ कथा वाचक संत उमेश जी महाराज ने किया इस अवसर पर उन्होने कहा कि बदलती जीवन शैली और खान पान में अनियमितता के चलते मधुमेह के चपेट में बड़ी आबादी आ गई है इस पर काबू पाने के लिये शारीरिक श्रम के साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चौथे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को चार विकेट से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में दो दो की बराबरी कर ली

टर्नर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया